राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ

भोपाल बैतूल शिवपुरी सहित प्रदेश के कई जिलों में बढ़ी ठण्डक

संसद सत्र संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया

उन्होंने कहा कि वक्त और हालात बदलते गये और सांसदों ने भी उसी के अनुरूप खुद को बदला इसीलिए सदन आज गौरव की अनुभूति कर रहा है

उधर लोकसभा में आज बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रिंस राज और मध्यप्रदेश के शहड़ोल से सांसद हिमाद्री सिंह ने शपथ ली इनके अलावा हाल ही में संपन्न लोकसभा उपचुनाव में चुनकर आये सांसदों ने भी आज शपथ ग्रहण की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के रविवार को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद श्री बोबडे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे न्यायमूर्ति बोबडे अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे वे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके है छात्रा लायसेंस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कल से महाविद्यालयीन छात्राओं के लिए निशल्क ड्राइविंग लायसेंस योजना शुरू की जा रही है परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश के चुनिंदा कन्या महाविद्यालयों में शिविर आयोजित कर ड्रायविंग लायसेंस जारी किये जायेंगे सालभर अन्य महाविद्यालयों में भी समय समय पर इस तरह के शिविर आयोजित किये जायेंगे श्री राजपूत कल भोपाल के शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय में योजना का श्भारंभ करेंगे अखण्डता दिवस राष्ट्रीय अखण्डता दिवस पर कल भोपाल स्थित मंत्रालय के समक्ष सरदार पटेल पार्क में सुबह शासकीय कर्मियों को शपथ दिलाई जाएगी राज्य शासन के सभी विभागों के सचिव और विंध्याचल तथा सतपुड़ा कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे

इस दौरान उन्होंने कहा कि जिलों की पूरी जनगणना का सही डाटा तैयार करने में मास्टर ट्रेनर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन्होंने कहा कि जनगणना के अंतिम परिणाम की गुणवत्ता मास्टर ट्रेनर्स की योग्यता पर ही निर्भर है

मोहल्ला क्लीनिक प्रदेष सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आमजन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है

पहले चरण में संभागीय मुख्यालयों पर इसे षुरू किया जाएगा इसके बाद इसे पूरे प्रदेष में लागू किया जाएगा

मौसम केन्द्र ने बताया कि उत्तरी हवाओं के चलने से अगले दो से तीन दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट आयेगी जिससे तेज ठण्ड बढ़ सकती है

टेनिस ग्वालियर में खेली गई आईटीएफ महिला टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब चीन की जिया जिंग लू ने जीत लिया है